इस वर्ष नवम्बर में पहली बार भारत और अमरीका की बीच तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास होगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिये जल्दी ही नई स्टार्टअप पोलिसी लाई जायेगी राज्य के सभी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अब डिजीटल साक्षरता में सहयोग देंगे भरतपुर से होगी शुरूआत

श्री मोदी संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में जलवायू परिवर्तन संबंधी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और पूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्धता संबंधी उच्चस्तरीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे श्री मोदी हिंद प्रशांत द्वीपों के नेताओं से भी मिलेंगे वे संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में गांधी सौर उद्यान और गांधी शांति बाग का भी उदघाटन भी करेंगे

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा आतंकवाद को समूल नष्ट करने का समय आ गया है किसी देश का नाम लिये बिना उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवाद को शह और समर्थन देने के पीछे किसका हाथ है उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रम्प आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मजबूती से साथ खड़े हैं

उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा अमरीका और भारत दोनों के लिए महत्वपूर्ण है उन्होंने दोनों देशों के बीच सुरक्षा संबंध मजबूत करने पर बल दिया श्री ट्रम्प ने इस वर्ष नवम्बर में दोनों देशों की तीनों सेनाओं के संयुक्त अभ्यास की घोषणा की यह इस तरह का पहला अभ्यास होगा उन्होंने मोदी सरकार के आर्थिक सुधारों की सराहना करते हुए कहा कि इनसे लगभग तीस करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला जा सका है

हाउडी मोदी कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ह्यूस्टन में गांधी संग्रहालय के भूमि पूजन समारोह की पट्टिका का अनावरण किया

इस अवसर पर आयोजित समारोह में श्री शाह ने कहा कि पूरी इमारत ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर बनी है उन्होंने कहा कि इस अवधारणा को आगे बढाने की जरूरत है

श्री शाह ने कहा कि आने वाली जनगणना में सरकार अब तक की सबसे ज्यादा धनराशि खर्च करने जा रही है

उद्योगों को आगे बढाने के लिये एमनेस्टी स्कीम लाई जायेगी वहीं सिंगल विंडो सिस्टम को बेहतर बनाया जायेगा श्री गहलोत कल जयपुर में इकॉनोमिक टाइम्स बिजनेस लीडर्स सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जबकि देश आर्थिक हालात को लेकर चितिंत है तब राज्य सरकार प्रदेश में उद्यमियों को निवेश के लिये उपयुक्त माहौल देने में कोई कमी नहीं रखेगी

हादसे में घायल दो गंभीर लोगों को उपचार के लिये ब्यावर अस्पताल में भर्ती करवाया गया बाडमेर जिले के बुरड गांव में दो किशोरियों की तालाब में डूबने से मौत हो गई

इसकी शुरूआत भरतपुर से हो रही है तकनीकी शिक्षा और संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ सुभाष गर्ग ने कल भरतपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के बाद यह घोषणा की

विद्यार्थियों को साइबर क्राइम से बचाव की जानकारी भी दी जायेगी उन्हें काँलेज द्वारा प्रमाण पत्र भी दिया जायेगा डॉ गर्ग ने बताया कि गत विधानसभा चुनाव से हमने जन घोषणा पत्र में डिजीटल साक्षरता की घोषणा की थी इसी बिन्दु की पालना में राज्य के प्रत्येक विद्यार्थी को डिजीटल साक्षर बनाया जायेगा

टाउन हॉल में गांधीजी के जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी और झांकियां सजाई गई इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों और विरांगनाओं का सम्मान भी किया गया इधर अलवर में गांधी सप्ताह की तैयारियों के संबंध में आज जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जा रही है

आज ये रैली बीकानेर शहर पहंच रही है